प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वे भारत को न केवल समृद्ध बल्कि सशक्त बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा स्थिति पर भारत की कड़ी नजर

केदारनाथ में भारी बर्फबारी के चलते बंद रास्तों से बर्फ हटाने का कार्य जारी

ये विस्फोट कोलम्बो में शांग्रीला किंग्स बरी और सिनमन ग्रैंड होटल में सुबह नौ बजे हुए कोलम्बो के सेंट एंथनी गिरजाघर के अलावा बट्टिका लोआ और नेगोम्बोग के गिरजाघरों में भी धमाके हुए अब तक किसी गिरोह ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है राष्ट्रपति सिरी सेना ने घटना पर शोक जताते हुए लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है वहीं प्रधानमंत्री जनरल विक्रम सिंधे ने आपात बैठक बुलाकर घटना की समीक्षा की पूरे देश में सुरक्षा चेतावनी जारी की गई है और हवाई अड्डे सहित संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि वे श्रीलंका में हुए विस्फोटों के बाद कोलम्बो में भारतीय उच्चायुक्त के साथ लगातार सम्पर्क में हैं ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि सरकार स्थिति पर कड़ी निगाह रख रही है

सन अठारह सौ पिचनावे में जन्मे गबर सिंह गढ़वाल रायफल में भर्ती हुए और प्रथम विश्वयुद्ध में अदभुत युद्ध कौशल और वीरता का परिचय दिया इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर्वोच्च वीरता प्रस्कार विक्टोरिया क्रॉस से समान्नित किया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रायफल मैन नेगी की जयंती पर नमन करते हुए कहा कि उत्तराखंड की धरा सदियों से वीरों की जननी रही है

टीम के सदस्यों ने शहर के गोविंद घाट ऋषिक्ल घाट सहित अन्य घाटों की साफ सफाई की स्थानीय लोगों ने भी स्वच्छता अभियान में भागीदारी की प्रत्येक रविवार को बीइंग भगीरथ की टीम गंगा किनारे और घाटों की साफ सफाई करती है गंगा किनारे पड़े कूड़े को हटाया जाता है टीम के सदस्यों ने आसपास रहने वाले लोगों से गंगा किनारे कूड़ा न फेंकने की अपील भी की यात्रा तैयारी आगामी चारधाम यात्रा शुरू होने में अब लगभग दो हफ्ते रह गए हैं इसे देखते हुए चार धाम मंदिर समितियां यात्रा की तैयारियों में जुटी है श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अग्रिम दल बदरीनाथ और केदारनाथ में व्यवस्थाएं द्रुस्त करने में जुटे हैं दोनों धामों के मंदिर परिसर से बर्फ हटाई जा रही है केदारनाथ में कई फीट मोटी बर्फ की परत जमी हुई है जिसे साफ करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है इसके अलावा विश्राम गृहों की साफ सफाई रंग रोगन यात्री शेड की मरम्मत बिजली और पेयजल आपूर्ति को बहाल करने का काम चल रहा है मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ के मुताबिक बर्फबारी से मंदिर समिति का कार्यालय भंडार पुजारी निवास के लिए बने फैब्रिकेटेड हट क्षतिग्रस्त हुए हैं इनको ठीक किया जा रहा है

दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों को विश्व विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा इस संबंध में विश्व विद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया कि प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को कम से कम बारहवीं पास होना जरूरी है प्रवेश परीक्षा के तहत यूटीयू से सम्बद्व राजकीय और निजी दोनों कॉलेजों में दाखिलों के लिए यह परीक्षा पास करना अनिवार्य है

माउंटेन बाइकिंग साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की चौथी द अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन एमटीबी चौलेंज साइकिलिंग प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का कौसानी पहंचने पर भव्य स्वागत किया गया आज ये प्रतिभागी गरुड़ होते हुए ग्वालदम को रवाना हुए साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत समेत सात अन्य देशों के सतासी प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हें